कहा हालात से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को पूरी आजादी

प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में समेकित सहकारिता विकास योजना के लागू होने जाने से पलायन और रोजगार की समस्या हल होगी और मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में साहसिक पर्यटन की बहत संभावनाएं हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व समुदाय में पूरी तरह अलग थलग पड़ चुका भारत का पड़ोसी अगर सोचता है कि वह ऐसी साजिशों से भारत को अस्थिर कर सकता है तो यह उसकी बहत बड़ी भूल है श्री मोदी ने आतंक के मुद्दे पर भारत का साथ दे रहे दुनिया के तमाम देशों के प्रति आभार व्यक्त किया प्रधानमंत्री ने राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे आपसी छींटाकशी को छोड़कर एकजुट हों

साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई सभी विधायकों ने शहीद परिवारों को एक महीने का वेतन देने की घोषणा की सदन में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार ने सैन्य और अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों को उनकी योग्यता के अनुसार सेवायोजित करने का निर्णय लिया है उन्होंने बताया कि शहीदों के सम्मान में एक वृहद शौर्य स्मारक के निर्माण का भी निर्णय लिया जा चुका है

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा में मीडिया से अनौपचारिक वार्ता के दौरान कहा कि आज जो बजट सदन के पटल पर रखा जाना था शहीदों के सम्मान में उसे सोमवार तक के लिए स्थगित किया गया है

वहीं प्रदेश के लोगों में इस हमले को लेकर बड़ा आक्रोश है इस आतंकी हमले में प्रदेश के भी दो जवान शहीद हुए हैं ऊधमसिंह नगर जिले के खटीमा के रहने वाले वीरेंद्र सिंह और उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ के रहने वाले मोहन लाल रतूड़ी वीर गति को प्राप्त हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देहराद्न में शहीदों की याद में कैंडल मार्च निकाला और आतंकी हमले की निदा की वहीं पुलिस मुख्यालय देहरादून में पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी समेत तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों ने शहीद हए सीआरपीएफ के जवानों को भावपूर्ण श्रद्वांजलि अर्पित की साथ ही शहीद परिजनों की सहायता के लिए उत्तराखण्ड पुलिस की ओर से सहायता धनराशि दिये जाने का भी निर्णय लिया गया है

अल्मोड़ा में पूर्व सैनिकों सभी राजनीतिक दलों विभिन्न संगठनों प्रशासन और आम लोगों ने शहीद सैनिकों को श्रद्वांजलि दी सेना के जवानों पर हुए हमले पर लोगों ने गुस्से का इजहार किया राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष रघ्नाथ सिंह चौहान ने कहा कि पाक की कायराना हरकत का माकूल जवाब दिया जायेगा चमोली में छात्रों ने पाकिस्तान का पुतला जलाया और उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की मांग की उधर चम्पावत जिले में जगह जगह लोगों ने शहादों को श्रद्धांजलि दी जिले के विभिन्न स्कूलों कालेजों संस्थाओं में मौन रखकर संवेदना व्यक्त की गई

प्रधानमंत्री कल मौसम खराब होने की वजह से रुद्रपुर की जनसभा में नहीं पहुंच पाए लेकिन उन्होंने मोबाइल फोन से लोगों को संबोधित किया उन्होंने कहा कि समेकित सहकारिता विकास योजना के लागू हो जाने से उत्तराखंड में पलायन और रोजगार जैसी बड़ी समस्याएं हल होंगी

प्रधानमंत्री ने इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन के लिए राज्य सरकार की सराहना की

इस बांध से पांच हजार मेगावाट बिजली पैदा की जा सकेगी साथ ही तराई के क्षेत्रों को न सिर्फ पीने के साफ पानी की सप्लाई होगी बल्कि किसानों को सिंचाई के लिए भी पर्याप्त पानी मिल सकेगा

मुख्यमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत लघू एवं सीमान्त किसानों और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सहकारी सदस्यों और महिला स्वयं सहायता समूहों को ब्याज रहित ऋण भी वितरित किया

साथ ही देश विदेश से आये सभी प्रतिभागियों को उत्तराखण्ड को जानने और समझने का अवसर मिलेगा उन्होंने उम्मीद जताई कि इस कॉन्फ्रेंस से उत्तराखंड के पर्यटन को अन्तराष्ट्रीय पहचान मिलेगी

आज मेले में सबसे पहले सीआरपीएफ के शहीद जवानों को श्रद्वांजलि दी गई इस मौके पर जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने बताया कि मेले का उद्देश्य किसानों उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराकर उनकी आय में वृद्धि करना है उन्होंने लोगों से कृषि मेले से अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की मेले में प्रगतिशील किसानों और सहकारिता से जुड़े कृषकों का पंजीयन भी किया गया

इनमें अल्मोड़ा बागेश्वर चम्पावत हल्द्वानी अगस्यमुनि पिथौरागढ़ रूद्रपुर टिहरी देहरादून हरिद्वार कोटद्वार उत्तरकाशी और गौचर की टीमों सहित चमोली जिला फुटबॉल एसोसिएशन की टीमें शामिल हैं आज अल्मोड़ा और रूद्रप्रयाग के बीच उद्घाटन मैच खेला गया